यह संघर्ष दो महीने से भी अधिक समय तक चला था इस वर्ष कारगिल विजय दिवस का मुख्य विषय है पुर्नस्मरण प्रसन्नता और पुर्नस्थापना इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर के द्रास में कारगिल युद्ध स्मृति स्थल पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल युद्ध में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को नमन किया है धर्मशाला के शहीद स्मारक में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्वांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सेवानिवृत्त लेफिटनेंट जनरल पी के रामपाल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे शहीद स्मारक में आज निशुल्क प्रवेश की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी फसल सुरक्षा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार फसल सुरक्षा के लिए किसानों को किफायती दाम पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएगी शिमला में कल एक निजी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा ओला अवरोधक नेट फ्लेक्सी टैंक और अन्य सुरक्षा उपकरणों के बारे में दी गई प्रस्तृति के बाद मुख्यमंत्री ने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि इन उपकरणों से फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में सहायता मिलेगी सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे वीरेन्द्व कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायतों के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है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

उन्होंने इसके लिए लोगों से विचार आंमत्रित किए हैं

जुल संरक्षण युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार और नेहरू युवा केन्द्र संगठन शिमला के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन व जल संरक्षण में युवाओं की भूमिका विषय पर कल शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया इस अवसर पर युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार की सचिव उपमा चौधरी ने युवाओं से जल संरक्षण व स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आहवान किया नेहरू युवा केन्द्र संगठन के निदेशक सुखदेव सिंह ने भी युवाओं को सम्बोधित किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने चंडीगढ़ में पांच प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नशे के खिलाफ हुई संयुक्त बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है नशे के खिलाफ उत्तरी राज्यों में साझा वर्किंग ग्रूप बनाने पर बनी सहमति दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पड़ोसियों संग नशा मिटाएगा हिमाचल पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मादक पदार्थों की रोकथाम को संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत दैनिक जागरण के अनुसार नशे पर चोट करेंगे सात राज्य आपका फैसला का कहना है नशे के विरूद्व संयुक्त रणनीति बनाना जरूरी हिमाचल दस्तक के मुताबिक सूचनाएं शेयर करने के लिए वाई फाई सिस्टम लागू करेंगे छह राज्य

आपका फैसला के मुताबिक झमाझम बरसे बादल नदियां नाले उफान पर दैनिक जागरण के शब्द हैं बारिश ने हिमाचल में रोकी रफ्तार हिमाचल दस्तक लिखता है देवताओं के आदेश पर किन्नर कैलाश यात्रा रद्द खराब मौसम और देव समाज के फैसले पर लिया निर्णय दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार खराब मौसम ने रोकी किन्नर कैलाश यात्रा प्रशासन ने लगाई यात्रा पर रोक प्रदेश हाईकोर्ट परिसर में पहली बार गरजे वकील शीर्षक से आपका फैसला लिखता है ट्रिब्यूनल बंद करने पर अधिवक्ताओं का गुस्सा इसी खबर पर पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में अदालतों का काम ठप्प हिमाचल दस्तक की एक खबर है तत्तापनी से कसोल होगा राज्य का पहला वाटर वे

नमस्कार